केन्द्र ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए आरोग्य सेतु नाम से मोबाइल ऐप शुरु किया है

उन्होंने कहा कि रविवार पांच अप्रैल रात नौ बजे नौ मिनट के लिए घरों की बत्तियां बंद करे तथा दीये और मोमबत्ती जलाकर अथवा मोबाइल के फ्लैश लाइट के जरिए देश की सामूहिक शक्ति का परिचय दें घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर नौ मिनट के लिए मोमबत्ती दीया ट्रॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दीया जलाएगा तब प्रकाश की उस महाशक्ति का अहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं ये उजागर होगा आज सुबह एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने घर में रहें और दिया जलाते समय समूह में एकत्र ैन हों श्री मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए मौजूदा देशव्यापी पूर्णबंदी में लोगों ने अभूतपूर्व अनुशासन और सेवा की भावना का परिचय दिया है कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएगे ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेगे

हम अपने अपने घरों में जरूर हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से देशवासियों ने पिछले महीने की बाईस तारीख को कोरोना वायरस के खिलाफ लड रहे लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया था वह दूसरे देशों के लिए उदाहरण बन गया है कोरोना भाजपा भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने प्रधानमंत्री द्वारा आगामी पांच अप्रैल को रात नौ बजे बिजली बंद करने और दीपक जलाने की अपील का स्वागत किया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंहने कहा है कि प्रधानमंत्री की अपील इस दौर में नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत साबित होगी कोरोना प्रधानमंत्री मंत्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पांच सुत्रीय मंत्र दिया है जिसमें संकल्प संयम सकारात्मकता सम्मान और सहयोग शामिल है वे आज नई दिल्ली में विभिन्न खेलों में विशिष्ट योगदान देने वाले चालीस प्रमुख खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे थे

उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें सकारात्मक भावना का प्रसार करते हुए राष्ट्र का नैतिक बल बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है कोरोना राष्ट्रपति राज्यपाल बातचीत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज राज्यपालों उप राज्यपालों और समी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाये गये प्रयासों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की इस दौरान छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं राज्यपाल ने बताया कि इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी के नौ सौ चवालीस सदस्य कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं इनके द्वारा सत्रह हजार से अधिक हितग्राहियों की मदद की जा चुकी है इसके अलावा रेडक्रॉस सोसायटी ने पच्चीस लाख रूपये का अनुदान भी दिया है राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश में इस समय तीन सौ पचपन राहत शिविर बनाए गए हैं इनमें करीब दस हजार प्रवासी हितग्राही रूके हुए हैं वहीं प्रदेश के बाहर से आए करीब अड़तालीस हजार लोगों को गांव के बाहर सामुदायिक भवन और स्कूलों में निगरानी के लिए रखा गया है उन्होंने बताया कि ईसीआई के माध्यम से राज्य में बयालीस क्लीनिक कार्यरत हैं इनके जरिये करीब नौ हजार मजदूरो का इलाज किया जा रहा है राज्यपाल ने बताया कि देश के विभिन्न भागों में फंसे छत्तीसगढ़ के बारह हजार से अधिक मजदूरो को रहने और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है सुश्री उइके ने बताया कि उन्होंने और राजमवन के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने अपने एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष तथा मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है कोरोना जन धन योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ी प्रत्येक महिला खाताधारक के लिए इस महीने पांच सौ रूपये की एकमुश्त राशि जारी की है ये राशि कल उनके खाते में जमा करा दी गई वहीं वित्तीय सेवा विमाग ने बैंकों को ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं जिससे पैसों की निकासी के लिए बैंक शाखा और एटीएम आने वाले खाताधारकों के बीच सुरक्षित दरी रखी जा सके नौ अप्रैल के बाद लाभार्थी बैंक शाखा जा सकते हैं बैंकों को सलाह दी गई हैं कि एसएमएस और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी लाभार्थियों को उपलब्ध कराएं कोरोना मोबाइल ऐप केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश के आम लोगों को एकजुट करने की खातिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित एक मोबाइल ऐप शुरु किया है आरोग्य सेतु नाम का यह ऐप प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान के तहत तैयार किया गया है यह ऐप ब्लूटूथ तकनीक एल्गोरिथम और कम्प्यूटर प्रणाली का उपयोग करते हुए दूसरों के साथ बातचीत के आधार पर जोखिम का आंकलन करेगा कोरोना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीने की मजदरी की एकमृश्त राशि केन्द्र सरकार से जल्द जारी करने का आग्रह किया हैं श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से बताया कि वर्तमान में इस योजना के तहत करीब चार सौ चौरासी करोड़ रूपये की मजदूरी भूगतान बाकी है और लॉकडाउन के दौरान इनका भुगतान किया जाना आवश्यक है इस बीच मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले रायपुर के माना स्थित शासकीय वृद्धाश्रम और बहुविकलांग गृह का जायजा लिया

राजधानी रायपुर के मनौद गांव में स्थित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने की शिकायत पर दुकान की अनुमति को निलंबित कर समी राशन कार्डधारियों को नजदीक की अन्य दुकान से राशन दिए जाने का निर्देश दिया गया है इधर दुर्ग जिले में विदेश से वापस लौटी महिला द्वारा शासकीय चिकित्सक और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने और आईसोलेशन की सचना को फाडने के आरोप में मोहन नगर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है इसी जिले में एक अस्पताल में क्वारेंटाइन किए गए चौदह लोगों को आज छुट्टी दे दी गई ये सभी लोग खूर्सीपार क्षेत्र के रहने वाले हैं उधर जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले बारह दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने की और एक दुकानदार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है वहीं बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर शहर में घूम रहे करीब बारह लोगों के खिलाफ पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की है इस बीच कबीरघाम जिले के प्रमुख देवी मंदिरों से निकलने वाली खप्पर की सदियों प्ररानी परंपरा इस साल केवल मंदिर परिसर तक सीभित रही इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया गया छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अन्य न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के अलावा न्यायालय के कर्मचारियों सहित न्यायिक अधिकारियों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन दान देने का अनुरोध किया है इधर सूरजपुर जिले में विभिन्न राज्यों से आए करीब छह सौ इकतीस मजदूरों के लिए इकतीस स्थानों पर राहत शिविर लगाए गए हैं वहीं बालोद जिले में बीपीएल राशन कार्डघारियों को दो माह का एकमुश्त राशन मुफ्त दिया जा रहा है राशन लेने के दौरान हितग्राही दो व्यक्तियों के बीच निश्चित दूरी का पूरा ख्याल रख रहे हैं उधर बस्तर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने एक पत्र जारी कर संभाग में तैनात विभिन्न सुरक्षा बलों के जवान लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निमा रहे हैं उसकी सराहना की है इस बीच जशपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्रपोषित बच्चों और शिशुवती महिलाओं को घर घर जाकर सुखा राशन तथा पौष्टिक लड़डू बांट रही हैं इंधर रायगढ़ में रेलवे विभाग के कर्मचारियों ने लाइसेंसी पोर्टरों और रेल सहायकों को राशन पैकेट का वितरण किया

कोरोना वायरस से संक्रभित पाई गई छत्तीसगढ़ की पहली यूवती इस संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गई है भिली जानकारी के अनुसार अब से कुछ समय बाद उसे रायपुर एम्स अस्पताल से छटटी दे दी जाएगी

संक्षिप्त समाचार बलरामपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में दो आरक्षकों सहित तीन व्यक्तियों की मौत हो गई राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की बस्तर संभाग स्थित पांच लौह खानों की फॉरेस्ट क्लीयरेंस की अवधि को वर्ष दो हजार पैंतीस तक के लिए बढा दिया है राज्य सरकार ने प्रदेश के पचास उप निरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है राज्य की विभिन्न जेलों से अब तक कल पांच सौ चौरासी कैदियों को छोडा जा चुका है इनमें से तीन सौ इंक्यानवे कैदियों को अंतरिम जमानत पर एक सौ चौव्वन कैदियों को पैरोल पर और उनतालीस कैदियों को सजा पूरी होने पर रिहा किया गया है कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस पर कल्हाड गांव के पास आज रसोई गैस से भरा टैंकर सडक पर पलट गया घटना के बाद पलिस आसपास के इलाके को खाली करा रही है वहीं गैस कंपनी को स्थिति से निपटने सूचित कर दिया गया है प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने फेसबुक लाईव के माध्यम से कल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना साथ ही श्री भगत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में फोन लगाकर कर्मचारियों से बातचीत की और राशन वितरण की जानकारी ली नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया के निर्देश पर प्रदेश के महापौरों नगर पालिका अध्यक्षों और पार्षदों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सड़सठ करोड़ चालीस लाख रूपये उनके खातों में हस्तांतरित किए गए हैं प्रदेश में स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों ने नौ जिलों में अब तक एक लाख उनयासी हजार से अधिक सैनिटाईजर का निर्माण किया है इनमें से एक लाख पैंतालीस हजार सैनिटाईजर मुफ्त और किफायती दर पर वितरित किए जा चुके हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए रायपुर नगर निगम को एक मिनी ट्रक सब्जी सौंपकर जरूरतमंदों में बांटने की अपील की है पीलिया साफ सफाई प्रदेश में पीलिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान रखने को कहा है स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर इस संबंध में व्यवस्था सनिश्चित करने को कहा है